मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अपनी सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल को बेहतरीन करार दिया है शिमला में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में सरकार ने अनेक नई योजनाएं आरंभ कर आम जनता को राहत पहुंचाई है

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा शुरू किया गया जनमंच कार्यक्रम भी सफल साबित हुआ है जयराम ठाकुर ने ये भी कहा कि प्रदेश में पहली बार राजनीतिक प्रतिशोध से मामले बनाने की परंपरा को खत्म किया गया और उनकी सरकार ने बदले की भावना से कोई भी मामला नहीं बनाया मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी केवल हिमाचल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश और विश्व की मानवता के लिए संकट का दौर है लेकिन राज्य सरकार ने इस दौरान भी विकास कार्य सुचारू रखने का प्रयास किया मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर मुद्दाविहीन होने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता जनता को गुमराह करने के लिए बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं

शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा संबोधित करेंगे

कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के संकट के दौरान भी सरकार ने प्रदेश के विकास कार्य सुचारू रखने के लिए अनेक प्रयास किए हैं

आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू टयूब चैनलों पर भी इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा अग्निकांड शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश के ग्रामीण व द्रदराज क्षेत्रों में मकान बनाते समय अग्निशामक यंत्रों की अनिवार्यता सुनिश्चित करने पर बल दिया है उन्होंने आज रोहडू उपमंडल के अग्निकांड प्रभावित बागी गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया

सुरेश भारद्वाज ने प्रशासन को नुकसान का जल्द आकलन कर सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा ताकि प्रभावितों को जल्द सहायता मुहैया करवाई जा सके उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऊपरी व द्रदराज क्षेत्रों में अग्निशामक यंत्रों के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री से भी चर्चा की जाएगी इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला ज़िले के रोहडू सहित चंबा व लाहौल स्पिति की म्याड़ घाटी में हुई अग्निकांड की घटनाओं पर गहरा दुख जताया है उन्होंने सरकार से प्रभावितों को हर संभव सहायता देने का आग्रह किया है

भाजपा आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए प्रदेश भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं इसी कड़ी में आज सोलन में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों के लिए पूरी तन्मयता से जुटने का आह्वान किया इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल उपस्थित रहे श्याम सरन नेगी देश के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी ने लोगों से स्वच्छ छवि वाले जनप्रतिनिधियों को चुनने की अपील की है श्याम सरन नेगी ने बताया कि अब तक उन्होंने पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक सभी में मतदान किया है उल्लेखनीय है कि किन्नौर जिले से संबंध रखने वाले श्याम सरन नेगी एक सौ तीन वर्ष की उम्र में भी आगामी पंचायती चुनावों में वोट देने के लिए उत्साहित हैं

मौसम प्रदेश में कल से मौसम के करवट लेने की संभावना है

इस बीच प्रदेश के अधिकांश भागों में इन दिनों मौसम साफ रहने के बावजूद लोगों को सुबह शाम कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार